मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा दो गज की दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए

प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एक हजार आठ सौ तिहत्तर हुई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना से भारत की लड़ाई में देश की जनता ही नेतृत्व कर रही है लोग सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ रहे हैं आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में सैनिक है उन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर हर क्षेत्र के लोगों की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था करना राशन की आपूर्ति पूर्णबंदी का अनुपालन अस्पतालों में स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था के लिए पूरे देश की जनता एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है

से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है तड़ाई का नेतृत्व कर रहा है

प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे अति आत्म विश्वास के जाल में न फंसें और यह भ्रम न पालें कि कोरोना अभी उनके शहर गांव गली या कार्यालय तक नहीं पहुंचा है और न ही पहुंचेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि दो गज दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए लोगों को एक दूसरे से दो गज की सुरक्षित दूरी पर रहना चाहिए और खुद को स्वस्थ रखना चाहिए अपने आस पास मास्क लगाये और चेहरा ढके लोगों को देखकर हमें इसका प्रभाव नजर आता है श्री मोदी ने कहा कि समाज में एक और जागरूकता यह आई है कि अब लोग समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट के दौरान देशवासियों के दुढ़ निश्चय से भारत के नव कायाकल्प की शुरूआत हुई है गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद की सरकार की प्रतिबद्वता दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पैसा सीधे गरीबों के खातों में भेजा जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें प्रत्येक विभाग और संस्थान पूरी तेजी के साथ कदम से कदम मिलाकर राहत कार्यो में जुटे हुए हैं उड्डयन क्षेत्र और रेलवे के कर्मचारी देशवासियों की कठिनाई दूर करने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों नर्सों चिकित्साकर्मी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य सभी कर्मचारी देश को कोरोना मुक्त करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में एक अध्यादेश लागू किया गया उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश में कोरोना योद्वाओं के साथ हिंसा या उन्हें चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है और लोगों को दुआ करनी चाहिए कि ईद से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाये और लोग उत्साह के साथ ईद मना सकें इस रमजान को संयम सदभावना संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाये और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनायें मुझे विश्वास है कि रमजान को इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे मन की बात कार्यक्रम के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बताई गई बातों का पालन करते हुए हम कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं अनुशासन का अनुमव करेंगे और अनुशासन का पालन करेंगे दो गज दूरी बनाए रखेंगे मास्क पहनेंगे और घर में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो इसका परिणाम हम कोरोना को हराएंगे और ये उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एक महीने के अंदर इसको हराना है इसलिए रमजान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ईद आते आते तक हम इसको हराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे इसमें मुख्य रूप से कोविड नाइन्टीन संक्रमण के खिलाफ जारी अभियान पर चर्चा की जाएगी पिछले महीने से जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का यह तीसरा संवाद होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आर एस एस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों से कोविड नाइन्टीन महामारी से पीड़ित समी लोगों की सहायता के लिए सक्रियता से काम करने को कहा है श्री भागवत कल वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए स्वयंसेवकों के बौद्विक सत्र को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रामक खबरों का प्रसार रोकने के लिए अधिकारियों को सोशल मीडिया की सतत् निगरानी के निर्देश दिए हैं लखनऊ में कल टीम ग्यारह के साथ लॉकडाउन की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्णबन्दी के दौरान प्रदेश में जिन औद्योगिक इकाइयों को चलाने की अनुमति दी गई है वहां पर कर्मचारियों के बीच परस्पर सुरक्षित दूरी का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिये प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा देने पर बल दिया उन्होंने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे परिणाम आये हैं पूल टेस्टिंग पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके जरिए अधिक से अधिक लोगों की जांच करके कोरोना वायरस महामारी पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से संक्रमितो की संख्या एक हजार आठ सौ तिहत्तर हो गई है कल अस्सी मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई राज्य में तीन सौ सत्ताईस लोग बीमारी से स्वस्थ हुए हैं और तीस लोगों की मृत्यू हुई है प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार पांच सौ सोलह है आगरा में कोविड नाइन्टीन के एक्टिव मामलों की संख्या तीन सौ तेरह लखनऊ में एक सौ तिरसठ कानपुर नगर में एक सौ साठ मुरादाबाद में चौरानबे फिरोजाबाद में उन्यासी और गौतमबुद्ध नगर में छियालीस है गौतमबुद्ध नगर में कल इकहत्तर लोगों को स्वस्थ हो जाने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई प्रदेश के कई जिलों में कल तेज हवाओं बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान के समाचार हैं बदायू बिजनौर मेरठ शामली पीलीमीत संभल हापुड़ मुजफ्फरनगर बलिया प्रतापगढ़ कानपुर वाराणसी और कन्नौज सहित विभिन्न जनपदों में वर्षा से गेहूं की कटी फसल को भारी नुकसान हुआ है

जौनपुर जिले में सुरेरी थाना क्षेत्र के सरैया गांव में आधी के दौरान दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी और एक अन्य घायल हो गया संभल जिले के थाना कुढ़ फतेहगढ़ के गांव जगदीशपुर में तेज बारिश के कारण छत ढह जाने से एक महिला समेत दो लोगों की मृत्यु हो गयी सीतापुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हुयी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को फसलों के नुकसान का आकलन करते हुए किसानों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने आकाशीय बिजली के कारण हुई जन हानि में पीड़ितों को चार चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये हैं और अब कुछ संक्षिप्त समाचार चित्रकूट जिले में एक मेडिकल स्टोर की तरफ से अनूठी मुहिम शुरू की गयी है मेडिकल स्टोर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने पर लोगों को निशुल्क मास्क दे रहा है मेडिकल संचालक ने कल जिलाधिकारी को पच्चीस सम्पूर्ण किट भी सौंपी मेरठ में कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए नामित जनपद के नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश ने कल जिला प्रशासन की ओर से संचालित सामुदायिक रसोई का निरीक्षण कर के रोटी बनाने वाली मशीन का उदघाटन किया कन्नौज में जनपद न्यायाधीश मुशीर अहमद अब्बासी ने कल जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री वितरित की इस दौरान सोशल डिस्टैंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया उन्होंने समाजसेवियों और स्वयंसेवी संगठनों से भी निराश्रित व्यक्तियों की मदद के लिए आगे आने की अपील की है कुशीनगर जिले के समउर बाजार में जन सहयोग से सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है यहां हर रोज लगभग तीन सौ जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है